और केन्द्र सरकार ने धान खरीद में दो प्रतिशत नमी की दी छूट

बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा झारखंड उच्च न्यायालय की तीन सदस्यों की पीठ ने इस संबंध में फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी दूसरे राज्य से आये लोगों को भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है झारखंड पुलिस में काम कर रहे बिहार के मूल निवासियों ने पद से हटाये जाने के बाद एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि झारखंड और बिहार पूर्व में एक राज्य था इसलिए आरक्षण का लाभ दिये जाने से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है इन सभी की झारखंड पुलिस में आरक्षण कोटे के तहत नियुक्ति हुई थी गया की एक अदालत में अहमदाबाद बम विस्फोट मामले के आरोपी तौसीफ खां सना खां और गुलाम सरवर खां के खिलाफ आरोपों का गठन हो गया है इस मामले में तेईस मार्च से गवाहों की पेशी होगी इन सभी आरोपियों को गया के एक साईबर कैफे से गिरफ्तार किया गया था इन सभी की अहमदाबाद में दो हजार आठ में हुए बम विस्फोट में संलिप्तता पायी गयी थी

उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी विधानमंडल में तेरहवीं बार राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगे वर्ष दो हजार पांच के बाद राज्य के बजट आकार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है दो हजार उन्नीस बीस में बजट का आकार दो लाख पांच सौ एक करोड़ रूपये का था यह पहली बार होगा जब राज्य में ग्रीन बजट पेश किया जायेगा केन्द्र सरकार ने धान खरीद में दो प्रतिशत नमी की छूट दे दी है अब उन्नीस प्रतिशत नमी वाले धान की भी खरीद होगी खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि इस संबंध में सभी खरीद एजेंसियों को सूचना दे दी गयी है गौरतलब है कि धान में नमी की मात्रा सत्रह प्रतिशत निर्धारित होने के कारण प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी इसके आलोक में राज्य सरकार ने केन्द्र को पत्र लिखकर नमी की मात्रा में छूट देने का आग्रह किया था नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल नवाचार मिशन से देशभर में नवाचार और उद्यमिता को काफी बढ़ावा मिला है इस मिशन के तहत देशभर के स्कूलों में युवाओं में रचनात्मकता और कौशल को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं

थिंकर्स इंजीनियर साइंटिस्ट की कमी नहीं है और कभी नहीं थी लेकिन इनको ये इको सिस्टम एवेलेबल नहीं था तो जब वे विदेश जाते थे तो उनको ये अपोर्चुनिटी मिलता था और बड़े बड़े सीईओ बन गये हैं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गये हैं लीडर्स बन गये हैं और यही पोटेंशियल हम कैसे इंडिया में टैप करें तो अटल इनोवेशन मिशन का यही मेन पर्पस है कि एक इनोवेटिव माइंडसेट क्रिएट करना हमारे यंग स्टुडेंट्स में इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य कल से शुरू होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की आज से प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए कॉपी जांच के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है बोर्ड ने इंटर कॉपियों के मूल्यांकन कार्य में वित्तरहित शिक्षकों के साथ साथ सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा लेने का फैसला किया है गौरतलब है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने नियोजित शिक्षकों की मांगों के समर्थन में आज से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है हड़ताल को देखते हुए मूल्यांकन कार्य बाधित होने की आशंका है कैमूर वन्य जीव विहार को टाइगर रिजर्व घोषित किया जायेगा इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी ने प्रस्ताव मांगा है रोहतास के जिला वन पदाधिकारी ने बताया कि तिलौथू क्षेत्र में बाघ का मल और पंजों के निशान मिलने के बाद इस विहार में बाघ के होने की पुष्टि हुई है कल से चौबीस मई तक प्रत्येक ब्धवार और रविवार को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक पटना और आरा को जोड़ने वाली कोईलवर पुल पर यातायात बंद रहेगा मरम्मत कार्य के कारण यह फैसला किया गया है प्रदेश में मानसिक रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मारीवाला हेल्थ फाउंडेशन इंडियन लॉ सोसायटी और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के साथ समझौता किया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि तीनों संस्थाएं पांच वर्षों तक राज्य में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहयोग उपलब्ध करायेगी डॉक्टर प्रमिला कुमारी प्रजापति को बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इस संबंध में समाज कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है नवादा की रहने वाली डॉक्टर प्रजापति लंबे समय से बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रही हैं पटना जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग में पुलिस ने छापेमारी कर नौ करोड़ रूपये मूल्य की विभिन्न प्रकाशकों की नकली किताबें बरामद की है पुलिस ने बताया कि बरामद किताबों में अस्सी प्रतिशत बिहार टेस्ट ब्रुक और बीस प्रतिशत निजी प्रकाशकों की है गोदाम मालिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है गया हवाई अड्डे से फर्जी ई टिकट के साथ थाईलैंड और नेपाल के दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के धनकुटवा अभ्रक खदान में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर विस्फोटकों सहित कई मशीन और वाहनों को जब्त किया है वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र से एसएसबी की टीम ने कुख्यात महिला नक्सली लालमुनी देवी को गिरफ्तार किया है बेतिया की एक अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में दोषी मुन्ना अंसारी और बुलेट साह को उम्र कैद की सजा सुनायी है बेगूसराय जिले में बछवारा थाना क्षेत्र के मोहनिया के पास अपराधियों ने एक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से छह लाख रुपये लूट लिए कला संस्कृति और युवा विभाग तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आज से पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में चौथे बिहार एकलव्य खेल की शुरूआत हो रही है इन खेलों में बास्केटबॉल कबड्डी और एथलेटिक्स समेत कई खेल स्पर्धाओं का आयोजन होगा औरंगाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कैमूर जिले की टीम ओवर ऑल चैम्पियन बनी है भोजपुर दूसरे और पटना की टीम तीसरे स्थान पर रही अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा और विधानमंडल के बजट सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमूखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर लिखता है ट्रंप ने कहा भारत के साथ दोस्ती स्थायी मोदी बोले हमारी ताकत आपसी विश्वास हिन्दुस्तान की सुर्खी है आर्थिक सर्वे में बिहार की विकास दर पन्द्रह फीसदी से ज्यादा दैनिक जागरण ने राज्यपाल के अभिभाषण को प्रमुख देते हुए लिखा है शिक्षा ज्ञान व कौशल विकास से बिहार बनेगा विकसित प्रदेश दैनिक भास्कर की सुर्खी है लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर दारोगा परीक्षा पर्चा लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज ने माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की हड़ताल से जूड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

और केन्द्र सरकार ने धान खरीद में दो प्रतिशत नमी की दी छूट